राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक लाख चौवन हजार से अधिक सैंपल की जांच की गई तीन हजार दौ सौ अठारह नये संक्रमित मिले

चतरा के बालमाथ थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान एक लाख के ईनामी नक्सली को उसके घर से किया गिरफ्तार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पृष्पांजलि अर्पित की

कैबिनेट सचिव राजीव गौवा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकद नरवणे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भर्दोरिया ने भी प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन और डॉ हर्षवर्धन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए आम लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी अन्य नियमों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर तोपगाड़ी की बजाए शव वाहन में ले जाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया था

सात बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है ये एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे

राज्यसमा की भी इसी दिन लेकिन अलग समय पर बैठक होगी

कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किये जा रहे हैं इनमें सभी सांसदों की जांच लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारों पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा राज्य में एक दिन में कल रिकॉर्ड एक लाख चौवन हजार से अधिक सैंपल की जांच की गई है इस जांच के दौरान तीन हजार दौ सौ अठारह मरीज पॉजिटिव मिले हैं

राज्य में अबतक नौ लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की गयी है

राज्य के चार विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं जिसमें विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा विनोद सिंह अंबा प्रसाद और शशिमूषण मेहता भी शामिल हैं वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है इस संबंध में बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी उधर कल कोर्रोना पॉजिटिव पाए गये हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद और रामगढ़ के मांड् विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल डॉक्टरों की निगरानी में अपना इलाज करा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स की महिला चिकित्सक स्मृति को धन्यवाद दिया है डॉक्टर स्मृति कोरोना काल में मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित हो गई थी कोरोना को हराने के बाद डॉक्टर स्मृति ने प्लाज्मा डोनेट किया जिससे दूसरे मरीजों का इलाज हो सके इस बात की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर स्मृति को धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टर स्मृति ने कोरोना के इस विकट संक्रमण काल में वारियर और सेवियर की भूमिका निभाई है राज्य में आज से पांच महीनों के बाद बस सेवा शुरू हो गई बसों के शुरू होने के बाद भी यात्रियों की संख्या कम रही यात्रियों को एक के बदले दो सीटों का किराया देना पड़ा इससे पहले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बस तक लाया गया वहीं उनकी थर्मल स्क्रिनिंग करने के बाद उन्हें बस में बैठाया गया

बस में प्रवेश करने से पहले कंडक्टर ने यात्रियों से कोरोना जांच से संबंधित कई सवाल किए यात्रियों के बॉडी टेम्प्रेचर की जांच की गई इसके बाद सभी यात्रियों को एहतियातन मास्क लगाने को कहा गया फिर यात्रियों से उनका नाम पता मोबाइल नंबर लेकर कंडक्टर ने रजिस्टर में दर्ज किया यात्रियों ने कहा कि बस में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया गया बसों को सैनिटाइज किया गया बस संचालक मानकों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं

राज्य सरकार के आदेश के बाद कोरोनकाल में एक लंबे अंतराल के बाद धनबाद जिले में भी आज से बस सेवा और मॉल का संचालन शुरू हो गया है फिलहाल बसें अभी राज्य के भीतर ही चलेंगी और बस संचालकों को प्रशासन के तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

मॉल संचालक जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे है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

थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को इसके आने की गुप्त सूचना मिली थी इसी सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाकर उसे गिरफतार किया गया गिरफ्तार नक्सली के विरुद्व सिमरिया और पत्थलगाढ़ा थाना क्षेत्र में लूट अपहरण फिरौती सहित कई मुकदमें दर्ज हैं देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हुई

यहां लगभग बाईस हजार आठ सौ तैंतालीस छात्र परीक्षा देंगे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से उम्मीदवारों को सहयोग करने की अपील की है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि उम्मीदवारों और केंद्र पर तैनात कर्मचारियों से एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने को कहा गया है

परीक्षा शुरू होने के पहले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अंदर प्रवेश कराया गया

रांची में दो केंद्र तुप्दाना और दूसरा टाटीसिल्ये बनाए गए हैं इसके अलावा जमषेदपुर धनबाद बोकारो और हजारीबाग में भी दो दो परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं

इधर जमशेदपुर में दो स्थानों पर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस की परीक्षा दो पाली में आयोजित की गई यहां इयान डिजिटल और अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा ली गयी मजिस्ट्रेट अनय राज ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है खूंटी जिला निबंधन कार्यालय में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है जबकि रैंप बनाने का काम जारी है ताकि कार्यालय में आवागमन के दौरान दिव्यांग और चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग लोगों को कोई कठिनाई न हो

ट्रक देवघर से पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के सैंथिया लौट रहा था यह रकम सैंथिया के लिए आलू व्यवसायी की बतायी जा रही है ट्रक चालक के बयान पर मसानजोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है सदर पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि लूट की यास्तविक रकम की पुष्टि की जा रही है

इस संबंध में याहन चालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है रांची जिले के मुरी थाना क्षेत्र के हलमाद पंचायत के साहेदा गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने एक युवक को कल रात कुंचलकर मार डाला सुबह गांव मुखिया विजय महली ने वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेज दिया है गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के जयनगरा गांव के पास आज सुबह कोयल नदी में डूबने से दो लोगों की मौत हो गयी मृतकों में जयनगरा गांव निवासी कोमल बैठा और सेतो गांव निवासी मोनू बैठा शामिल है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये दोनों लोग गाय को कोयल नदी पार करा रहे थे इसी दौरान दोनों नदी की तेज धारा में चले जाने से डूब गये

समाप्त